नडडा भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नडडा ने कहा है कि भाजपा का स्वर्णिम दौर चल रहा है लेकिन पार्टी को और मजबूत बनाने के लिए कार्य किया जाएगा कल शिमला के पीटरहॉफ में आयोजित अभिनंदन समारोह में उन्होंने ये बात कही जेपी नडडा ने कहा कि भाजपा ऐसा एकमात्र राजनीतिक दल है जहां वंशवाद परिवारवाद जातिवाद व समुदाय वाद को कोई स्थान नहीं दिया जाता उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने भ्रष्टाचार पर पूर्ण रूप से रोक लगाकर देश की छवि को परिवर्तित किया है इस मौके पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकर ने कहा कि जेपी नडडा द्वारा केंद्र में रहते हए भी प्रदेश के हित में विभिन्न बेहतर कार्य किए गए हैं

विभाग के निदेशक डा एस एस गुलेरिया ने ये जानकारी देते हुए बताया कि इस मेले में देश की उच्च कारपोरेट कंपनियां भाग लेंगी

अब एक नज़र अखबारों की सुर्खियों पर आज सभी समाचार पत्रों ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नडडा और प्रदेश विधानसभा के शिमला में चल रहे बजट सत्र से जुड़ी खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है अमर उजाला ने जेपी नडडा के हवाले से लिखा है केंद्र की उपलब्धियां छिपाने का षडयंत्र हैं दिल्ली दंगे दैनिक जागरण के शब्द हैं भाजपा में वंशवाद नहीं विचारवाद दिव्य हिमाचल ने खबर को सुर्खी दी है सीएए पर देश में अशांति फैला रहा विपक्ष दैनिक भास्कर और दैनिक सवेरा टाइम्स ने खबर को एक सा शीर्षक दिया है भाजपा विचारधारा वाली पार्टी यहां आगे बढ़ने को किसी गॉड फादर की जरूरत नहीं अजीत समाचार लिखता है भाजपा के आगे कोई टिक नहीं सकता बजट सत्र से जुड़ी खबर को पंजाब केसरी ने शीर्षक दिया है हिमाचल विधानसभा में फर्जी डिग्री मामले की गूज फर्जी डिग्री मिली तो होगी कार्रवाई आपका फैसला लिखता है विधानसभा में गूजा फर्जी डिग्री का मामला दिव्य हिमाचल के शब्द हैं फर्जी डिग्रियों पर उबला सदन पक्ष विपक्ष आ गए आमने सामने सरकार ने दिए जांच के आदेश हिमाचल दस्तक की सुर्खी है राज्यपाल के अभिभाषण पर भिड़े मुकेश और महेंद्र सिंह मंडी शिवरात्रि के भोज से जबरन उठाए अनुसूचित जाति के लोग अमर उजाला की एक अन्य खबर है इसी पत्र के अनुसार सीयू के वीसी कार्यालय गेट पर भैंस बांधकर बजाई बीन

श्री नयना देवी का करनैल श्रीनगर में शहीद शीर्षक से हिमाचल दस्तक लिखता है डयूटी के दौरान हिमस्खलन की चपेट में आया जवान इसी खबर को आपका फैसला ने सुर्खी दी है बिलासपुर का बेटा करनैल सिंह श्रीनगर में हुआ शहीद